यह अभियान आने वाले त्योहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की उन्होंने हमेशा मास्क लगाने हाथों की साफ सफाई रखने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने का भी आहवान किया मोदी ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इसे कोविड योद्वाओं के समर्पण से शक्ति मिली है उन्होंने कहा कि हमारे सामुहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह ं गति बनाये रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा मुख्यमंत्री इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक वीडियो संदेश में केंद्र सरकार के जन आंदोलन अभियान से जुड़ने का लोगों से आहवान किया है उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना संकमण का कोई इलाज नहीं निकल पाया है ऐसी परिस्थिति में लोग इस महामारी से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए मास्क पहने उचित दूरी बनाए रखें और साबुन से बार बार हाथ धोएं उन्होंने कहा कि इन सावधानियों से परिवार और समाज सुरक्षित रहेगा अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एकजुटता के आहवान का समर्थन करते हुए जनता से पूरी सावधानी बरतने की अपील की है एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना आपदा के चलते अब हमें नई जीवन शैली अपना लेनी चाहिए उन्होंने लोगों से त्यौहार मनाने व धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के दौरान शारीरिक दूरी सहित अन्य नियमों की पालना करने का आहवान भी किया है

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए सौ करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने कोरोना को लेकर आज ऊना में एक बैठक कर कोविड केयर सेंटर में साफ सफाई खाना व मरीजों को दी जा रही दवाओं के बारे जानकारी हासिल की उन्होंने कहा कि वह स्वयं कोविड केंद्रों में उपचाराधीन मरीजों को फोन कर उन्हें दी जा रही सुविधाओं की फीडबैक लेंगे

उन्होंने कहा कि लोगों की वन्य प्राणियों से संबंधित समस्याओं को विभाग तक पहुंचाने के लिए ये टॉल फ्री नम्बर की सुविधा शुरू की गई है उन्होंने कहा कि ट्टीकंडी बचाव व प्रनर्वास केन्द्र में इसका नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है पठानिया ने विभागीय अधिकारियों को बंदरों की समस्याओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए इससे पूर्व शिमला जिला के सराहन में जाजुराणा पक्षी के दो व्यस्क जोड़ों को चूजों सहित जंगल में छोड़ने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम की भी उन्होंने ऑनलाईन अध्यक्षता की

क्षेत्र में विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद कांगू में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धवाल इलाके के लिए उठाऊ सिंचाई योजना के निर्माण से क्षेत्र के बागवानों और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा शोक राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मणिपुर व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्वनी कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है राज्यपाल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों र्के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ